राज्य में पिछले दो दिनों में कोविड उन्नीस के संक्रमण से दो लोगों की मौत हो गयी है वहीं छप्पन लोग संक्रमण की चपेट में आये हैं इसके साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार सौ इक्यासी हो गयी है कोरोना संक्रमण से अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है जबकि एक सौ सात मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान भोजपुर जिले में छह कैमूर में तीन बक्सर और कटिहार में दो दो तथा सारण और अररिया में एक एक मरीज में कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई है अब राज्य के तीस जिले इस महामारी की चपेट में आ गये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल नौ और कोरोना संक्रमित मरीजों को सवस्थ होने के बाद अस्पताल से छुटटी दे दी गई है स्वस्थ होने वालों में नालंदा और पटना के तीन तीन मुंगेर के दो तथा बक्सर के एक मरीज शामिल हैं केन्द्र सरकार ने चार मई से लॉकडाउन की अवधि देशभर में दो सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी है परंतु ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी में आने वाले कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त रियायतें दी जाएंगी गृहमंत्रालय ने नये दिशानिर्देश जारी किये हैं जो रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन में विभाजित जिलों के जोखिम के अनुसार लागू होंगे

मुंगेर पटना रोहतास बक्सर और गया जिले रेड जोन में शामिल हैं नालंदा कैम्र सिवान गोपालगंज भोजपुर बेगूसराय औरंगाबाद मधूबनी पूर्वी चंपारण भागलपुर अरवल सारण नवादा लखीसराय बांका वैशाली दरभंगा जहानाबाद मधेपुरा और पूर्णिया ऑरेंज जोन में शामिल किये गये हैं इनके अलावा शेष तेरह जिले ग्रीन जोन में हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन में देश के अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है श्री कुमार ने पटना में एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि दूसरे राज्यों से बिहार आने के इच्छुक लोगों को कोई समस्या न हो इसके लिए सभी राज्यों के साथ आवश्यक समन्वय बनाया जाये उन्होंने कहा कि बिहार आने के इच्छुक लोगों के जो फोन कॉल आ रहे हैं उनकी रीसिविंग को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम में समुचित व्यवस्था की जाये देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे बिहार के छात्रों और श्रमिकों को लाने के लिए सात ट्रेने चलायी जा रही हैं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक और गुजरात सरकार से लगातार समन्वय कर प्रवासी मजदूरों छात्रों और अन्य लोगों को लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है उन्होंने बताया कि जयपुर से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन कल पटना के दानापुर पहुंचेगी इसके साथ ही एर्नाकुलम और त्रिचूर से दो ट्रेने रवाना हुई है जो कल पहुंचेगी कोटा से बरौनी के लिए स्पेशल ट्रेन और कोटा से गया के लिए स्पेशल कल अपने गन्तव्यों पर पहुंचेगी वहीं बेंगलुरू से चलने वाली स्पेशल ट्रेन पांच मई को पटना पहुंचेगी इधर बिहार में फंसे दूसरे राज्यों के लोगों के लिए सरकार की ओर से एक ऐप शुरू किया गया है जिस पर निबंधन करने के बाद उन्हें उनके घर भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों तीर्थयात्रियों पर्यटकों छात्रों और अन्य फंसे हुए लोगों को लाने के लिए चलाई जा रही कुछ ट्रेनें राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी और रेलवे केवल उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने बोला है किसी अन्य यात्री या व्यक्ति को यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन आने की अनुमति नहीं है और न ही किसी स्टेशन पर टिकट बेचे जा रहे हैं रेलवे ने कहा है कि रेल परिचालन को लेकर किसी को झूठी खबर नहीं फैलानी चाहिए केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला लाभार्थियों के खाते में पांच सौ रुपये की दूसरी किस्त जमा करवाने के लिए बैंकों को राशि जारी कर रही है इस योजना के तहत हर महिला लाभार्थी को पिछले महीने से पांच पांच सौ रुपये की तीन किस्तें दी जानी हैं पिछले महीने के पहले सप्ताह में पहली किस्त के तौर पर लगभग बीस करोड़ महिला लाभार्थियों के खाते में राशि जमा कराई गई थी केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में चार मई से व्यावहारिक तौर पर लगभग आधे देश में काम काज शुरू हो जाएगा श्री जावडेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है

लॉकडाउन से कड़ाई से पालन हुआ और अब ईजिंग आउट कर रहे हैं फेजिंग आउट कर रहे है और फेजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगभग सारी दैनन्दिन एक्टिविटीज जो हैं रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई हैं समी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं एकदम शहरों के बीचोंबीच फैक्ट्रीज नहीं होती है तो वो आसपास होती है वो सारी फैक्ट्रीज भी डेडीकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेगी तो वो दूसरा मुद्दा है कन्सट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं जहां वहां मजदूर वैसे भी कन्सट्रक्शन एक्टिविटीज पर मजदूर वहीं रहते हैं गृह मंत्रालय की प्रतिनिधि ने बताया है कि सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में सामान लाने ले जाने वाले ट्रकों के लिए अलग से पास की जरूरत नहीं है बाईट आर्थिक गतिविधियों को और आवश्यक वस्तुओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए ये जरूरी है कि गुड्स ट्रैफिक्स को इंटरस्टेट बार्डर्स पर रोका नहीं जाये दिशा निर्देशों के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में ट्रक्स और गुड कैरियर्स की मूवमेंट में समस्या आ रही है गृह मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स के मूवमेंट के लिए चाहे वे भरे हुये ट्रक्स हों या खाली हों अलग से पास की आवश्यकता नहीं है केन्द्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है एक ट्वीट में श्री प्रसाद ने कहा कि आरोग्य सेतु लोगों को कोरोना से बचाने वाला उपयोगी ऐप है उन्होंने कहा कि इसमें डेटा सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है श्री प्रसाद ने कहा कि आरोग्य सेतु की दुनिया भर में तारीफ हो रही है और इस ऐप को किसी निजी ऑपरेटर ने तैयार नहीं किया है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कोविड उन्नीस संक्रमण को रोकने के लिए चौबीस मार्च से लागू लॉकडाउन की अवधि में किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहने वाले नियमित सरकारी कर्मियों को मार्च अप्रैल महीने के वेतन का भूगतान किया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि संविदा और आउटसोर्स के तहत काम करने वाले कर्मियों को भी लॉकडाउन की अवधि का उनकी नियुक्ति की शर्तों के अधिन वेतन भूगतान का पहले ही निर्णय लिया जा चुका है इसके अलावा सरकारी कार्य से भ्रमण पर गये और चौबीस मार्च से लॉकडाउन होने की वजह से मुख्यालय से बाहर रहे कर्मियों को भी उपस्थित माना जायेगा केन्द्र सरकार ने नौंवी और दसवीं कक्षा के लिए वैकल्पित शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है कैलेंडर में शिक्षा देने के लिए सोशल मीडिया और विभिन्न तकनीक के इस्तेमाल के लिए अध्यापकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं ये रूचिपूर्ण हैं जिनका इस्तेमाल बच्चे अभिभावक और अध्यापक घर पर रह कर भी कर सकते हैं इन तक मोबाइल फोन रेडियों टेलिविजन एसएमएस और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा जा सकता है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि बहुत सारे छात्रों के मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं हो सकता है या उनका मोबाइल फोन सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हो सकता है ऐसी स्थिति में अध्यापक अभिभावकों और छात्रों को एसएमएस या फोन के जरिये सलाह देंगे उन्होंने बताया कि ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं के छात्रों के लिए वैकल्पित शैक्षिक कैलेंडर जल्द जारी किया जाएगा राज्य में कोरोना मरीजों को ठीक करने वाले एनएमसीएच और एम्स के डॉक्टर नर्स पारा मेडिकल स्टाफ समेत सभी कोरोना योद्धाओं पर वायु सेना का विशेष विमान आज फूलों की पंखुड़ियां बरसायेंगा पटना के बिहटा एयरपोर्ट से विशेष विमान फूल लेकर उड़ेगा अब से थोड़ी देर बाद सुबह दस बजे से फूलों की वर्षा होगी इधर सशस्त्र बल देश के कोरोना योद्वाओं के साथ आज एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे स्वास्थ्य पेशेवरो सुरक्षा अधिकारियों सफाई कर्मियों आवश्यक वस्तुओं की आप्रर्ति श्रृंखला से जुड़े काम गारों और मीडिया कर्मियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए थल सेना नौसेना और वायु सेना एक साथ कई गतिविधियां संचालित करेंगी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 उन्होंने कहा कि भारत अपने साहसी योद्धाओं के बल पर ही इस वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहा है गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों को शुभकामनाएं दी हैं सुरक्षा कर्मियों के असाधारण और साहसकि प्रयासों के सम्मान में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख आज नई दिल्ली में पुलिस स्मारक पर फूल चढायेंगे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

नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाजने नोवेल कोरोना वायरस को मात देने के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है भारतीय तेल कम्पनियों ने गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में दो सौ बाईस रूपये पचास पैसे की कटौती की है इस भारी कमी के बाद पटना में गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत घटकर छह सौ तीस रूपये हो गयी है पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी से इंकार करने के आरोप में रेडियोलॉजी विभाग के आठ जूनियर डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है इन डॉक्टरों ने ड्यूटी लगाये जाने का विरोध करते हुये मेडिसिन विभाग के वरीय चिकित्सकों से दुर्व्यवहार भी किया था पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और लोकपाल सदस्य अजय त्रिपाठी का कल नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया इकसठ वर्षीय अजय त्रिपाठी कोरोना वायरस से संक्रमित थे पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा का प्रसारण द्रदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर शुरू हो रहा है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट में लोगों से भगवान कृष्ण की महिमा की कथा देखने की अपील की है

हिन्दुस्तान की शीर्षक है पहली ट्रेन से बिहार पहुंचे बारह सौ प्रवासी दानापुर में स्क्रीनिंग के बाद बसों से भेजे गये गृह जिले प्रभात खबर का शीर्षक है लॉकडाउन पार्ट थ्री ढील के साथ सत्रह मई तक बढ़ी पाबंदी बिहार के तैंतीस जिलों में मिलेगी ज्यादा रियायत